झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने करीब साढे चार साल बाद सांतवी से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है आयोग ने कल दो सौ बावन पदों पर नियुक्ति की अधिसुचना जारी कर दी है

जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि दो मई और मुख्य परीक्षा की संभावति तिथि सितम्बर के चौथे सप्ताह में तय की है परीक्षा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना एक मार्च दो हजार इक्कीस से और अधिकतम उम्र की गणना एक अगस्त दो हजार सोलह से होगी

राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि इक्कतीस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सात हजार नौ सौ अठहतर सैम्पल की जांच हुई है और शून्य दशमलव तीन आठ प्रतिशत संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही अब राज्य में सिर्फ चार सौ अड़तीस सक्रिय मामले बचे हैं अब तक राज्य में एक लाख उन्नीस हजार पचपन संक्रमित मिले हैं जिनमें से एक लाख सत्रह हजार पांच सौ उनचालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार अटठहतर कोरोना के मरीज की मौत हो चुकी है